जयपुर में भारतीय जनता पार्टी नेताओं और पत्रकारों की उपस्थिति में केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली प्रकाश जावड़ेकर तथा राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने घोषणा पत्र जारी किया

उन्होंने सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं से आमजनों को हुए फायदे भी गिनाये इस अवसर पर केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उठाए गए कदमों से राज्यों तथा केन्द्र दोनों का राजस्व बढ़ा है

घोषणा पत्र पर प्रतिकिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस ने इसे छलावा बताया है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा के राज में किसान परेशान हैं और युवाओं का बुरा हाल है उन्होंने कहा कि किसानों की आय दूगुनी करने का वादा झुठा है

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय में वे सारे काम पूरे हुए हैं जो कांग्रेस राज के समय नहीं हुए श्री शाह ने पाली और सिरोही में भी जनसभाओं को संबोधित किया

उन्होंने कहा कि विकास और जनहित के कार्यों के आधार पर एक बार फिर वसुंधरा सरकार को मौका देना बनता है उन्होंने बीकानेर के नोखा विधानसभा क्षेत्र में भी जनसभा को संबोधित किया

उन्होंने कांग्रेस द्वारा राज्य सरकार को दिए गए आरोप पत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो पिछले पांच वर्षो में न तो सड़क पर और न ही विधानसभा में दिखाई दी

योगी आदित्यनाथ आज अलवर के तिजारा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि विकास और सुशासन की गारंटी सिर्फ भाजपा दे सकती है कांग्रेस के पास विभाजन अराजकता पशु तस्करी जैसे माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया है

उन्होंने रामगढ मालाखेड़ा और थानागाजी में भी चुनावी सभा को सम्बोधित किया

निर्वाचन विभाग ने सभी मतदान केन्द्र पर पेयजल छाया रैम्प बिजली सहित सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की है

विधानसभा चुनाव की पुलिस और प्रशासनिक तैयारियों के तहत आज जयपुर के संभागीय आयुक्त टी रविकांत और पुलिस महानिरीक्षक वी के सिंह ने दौसा में अनेक संवेदनशील इलाकों का दौरा किया इस दौरान वहां मतदाताओं से चर्चा कर क्षेत्र की क्षेत्र की समस्याएं जानी साथ ही मतदान के दौरान आने वाली परेशानियों के बारे में भी जानकारी ली बांसवाड़ा में आज केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और कोतवाली पुलिस ने मार्च किया

ग्रामीणों ने गाएंगे बजाएंगे वोट डालने जाएंगे का नारा लगाते हुए मतदान करने का संदेश दिया बांसवाड़ा में भी वोट बारात निकाली गई और लोगों ने वोट डालने की शपथ ली

बात करते हैं झालावाड़ जिले की जहां की झालरापाटन सीट से राज्य की मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में हैं

भाखडा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की चंडीगढ में हुई बैठक में तय हुए पानी की मात्रा को अनुमोदन मिल गया है

विदेशी मेहमानों को स्थानीय व्यंजन परोसे गए